मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सड़क निर्माण तय समय में पूरा करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखें राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठवीं तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिये ही अगली कक्षा में किया गया प्रोन्नत झारखंड की सीनियर महिला किकेट टीम की खिलाड़ियों ने पहली बार बीसीसीआई सीनियर महिला एक दिवसीय क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश किया कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

वहीं दुमका में एक मरीज की मौत हुई है

पिछली बार की पहली लहर में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण कम देखा गया था लेकिन अब दूसरी लहर में गांव में भी संक्रमण बढ़ता जा रहा है संक्रमित मरीजों को देर शाम एसएनएमएमसीएच के कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अच्छी सड़कें विकास का परिचायक होती है इसलिए सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाए इसके साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर सड़कों का निर्माण हो जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों के निर्माण के दौरान पर्यावरण की काफी अनदेखी होती है खासकर झारखंड जैसे राज्य में पहाड़ों और जंगलों को काटकर सड़के बनाई जा रही है उन्होंने एनएचएआई के पदाधिकारियों से कहा कि सड़कें बनाने में पहाड़ों और जंगलों के संरक्षण का विशेष ख्याल रखा जाए

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पिछले वित्तं वर्ष में भारत ने किसी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक राजमार्गो का निर्माण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है

दुमका जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना से जुड़े कई तथ्यों को रखा गया नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिला के डेल्टा रैंकिंग में साहिबगंज छठा सबसे उन्नत जिला बन गया है आकांक्षी जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में साहिबगंज जिला दूसरे पायदान पर जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र मे पांचवे स्थान पर है

राज्य के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से आठवीं तक में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बिना परीक्षा लिये ही अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया गया है स्कूली शिक्षा एवं सारक्षता विभाग ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिया है इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने सभी जिले के उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिया है उपायुक्तों को एक से आठ तक के सभी कक्षा में नामांकन का निर्देश दिया गया है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज मदुरई में एक चुनाव रैली को संबोधित करेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए श्री मोदी दूसरी बार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं अन्नाद्रमुक के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पलानीसामी और उपमुख्यरमंत्री ओ पनीरसेलवम और एनडीए के कई अन्य नेता भी इस रैली में हिस्सा लेंगे

हस्ताक्षर करने वाली कंपनियों में सीएसआईआर राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला एनएमएल जमशेदपुर मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी आईएमएमटी भुवनेश्वर और जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिजाइन सेंटर नागपुर और तीन प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादक उद्योग एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड कंपनी शामिल हैं पलामू प्रमंडल के मनातू प्रखंड स्थित सरगुजा और समरलय गांव में मध्मक्खियों से मोम बनाने का काम पिछले कई वर्षो से किया जा रहा है

सात अप्रैल से रांची से देवघर और आठ से देवघर से रांची के बीच ट्रेन चलने लगेगी इस ट्रेन के समय सारिणी में कोई बदलाव नहीं किया गया है पर अब देवघर से रांची जाने के दौरान धनबाद में तीन मिनट के बजाय पांच मिनट की ठहराव होगा पटना से रांची जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस के खुलने के समय में बदलाव किया जा रहा है

पूर्व मध्य रेल से जारी सूचना के अनुसार पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस पहले जहां पटना से सुबह छह बजकर दो मिनट पर खुलती थी अब यह सुबह छह बजकर दस मिनट पर खुलेगी गोड्डा रेलवे स्टेशन से रेल सेवा जल्द शुरू की जायेगी इसको लेकर मालदा डिवीजन के एडीआरएम ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया

गोड्डा शहर तक रेल परिचालन संबंधी सभी परीक्षण संपन्न हो चुका है आज देशभर में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है देशवासियों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह के संघर्षों और बलिदानों की याद दिलाता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन जरूरतमंदों की सेवा और रोगियों को स्वस्थ करने के प्रति समर्पित था ारखंड की सीनियर महिला किकेट टीम की खिलाड़ियों ने पहली बार बीसीसीआई सीनियर महिला एक दिवसीय महिला किकेट के फाइनल में अपनी जगह बना ली है

रविवार को फाइनल मैच रेलवे और झारखंड के बीच खेला जायेगा अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने आज कोरोना संकमण की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया हैं प्रभात खबर ने लिखा है बढ़ते कोरोना के चलते कुछ छूट वापस ले सकती है राज्य सरकार वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है रांची में संक्रमितों के घर होंगे सील दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण ने अप्रैल में हर दिन कोरोना का टीका लगेगा इस खबर को अपनी सुर्खी बनायी है रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा एनएचएआइ की परियोजनाओं की समीक्षा की खबर को अपनी सुर्खी बनायी है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बंगाल चुनाव की खबरों को अपनी लीड बनायी है